प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के भूमि पूजन समारोह में भाग लेंगे श्री मोदी आधारशिला रखे जाने की प्रतीक पट्टिका का अनावरण करेंगे और श्रीराम जन्मभूमि मंदिर पर स्मारक डाक टिकट जारी करेंगे

प्रधानमंत्री पहले श्रीहनुमानगढी मंदिर के दर्शन करेंगे फिर वे श्रीराम जन्मभूमि में रामलला की पूजा करेंगे इसके बाद भूमि पूजने का विधान सम्पन्न किया जाएगा प्रधानमंत्री के आगमन को देखते हुए कडे सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं इधर झारखंड में कई संगठनों सहित आम लोगों ने इस खास अवसर पर दीपोत्सव की तैयारी की अयोध्या में आज राम मंदिर के भूमि पूजन समारोह का आकाशवाणी से सीधा प्रसारण किया जाएगा

दूरदर्शन से भी भूमि पूजन आयोजन का सीधा प्रसारण किया जायेगा

उपायुक्त डॉ शाहिद इकबाल चौधरी ने इस बारे में आदेश जारी किया आदेश में कहा गया है कि बुधवार रात से कर्फ्यू खत्म करने का फैसला किया गया है पिछले चौबीस घंटे के दौरान तीन सौ निनयान्बे कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर चौदह हजार सत्तर पहुंच गयी है इनमें से पांच हजार एक सौ निनयान्बे लोग अबतक स्वस्थ हो चुके हैं जबकि सक्रिय मामलों की संख्या आठ हजार सात सौ बियालीस पहुंच गयी है राज्यभर में अबतक कोरोना सं एक सौ उनतीस लोगों की मौत हो चुकी है नये मिले कोरोना संक्रमितों में रांची के अड़सठ पूर्वी सिंहभूम और धनबाद के तिरेपन तिरेपन गोड्डा के चौवालीस खूंटी के अठाइस पाक्ड़ के पच्चीस दुमका के बाइस लातेहार के बीस कोडरमा के सत्रह गढ़वा के चौदह सरायकेला के बारह हजारीबाग के दस पश्चिमी सिंहभूम के नौ बोकारो के आठ सिमडेगा के सात लोहरदगा के चार गिरिडीह के तीन और चतरा और गुमला के एक एक मरीज शामिल हैं इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उनकी पत्नी कल्पना सोरेन और उनके पिता तथा झारखंड मुक्ति मोर्चा अध्यक्ष शिवू सोरेन की कोरोना जांच रिपोर्ट निगेटिव आयी है सिमडेगा जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है

स्वास्थ्य सचिव डॉ नितिन मदन कुलकर्णी ने किसी मरीज की मौत के बाद कोरोना रिपोर्ट के इंतजार में शव अस्पतालों में नहीं रोकने का निर्देश दिया है उन्होंने कहा है कि बाद में यदि रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो कांटैक्ट ट्रेसिंग की जाएगी स्वास्थ्य सचिव ने सभी उपायुक्तों को कल निर्देश दिया कि कोरोना मरीज की मृत्यू के बाद आवश्यक प्रोटोकॉल का पालन करते हुए तत्काल शव परिजनों को सौंप दिया जाना चाहिए

श्री कलकर्णी ने उपायुक्तों को श्मशान घाटों और कब्रिस्तानों में अंतिम संस्कार के लिए सारी व्यवस्था पहले से ही करने का निर्देश दिया है ताकि अंतिम संस्कार के वक्त कोई बाधा नहीं आए इसके लिए एक पदाधिकारी को विशेष रूप से अधिकृत करने का भी निर्देश दिया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

वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान झारखंड के निदेशक तथा निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाएं की ओर से संघों के प्रतिनिधमंडल को समझौता वार्ता के लिए बुलाया गया लेकिन वे वार्ता में नहीं गए इस बीच झारखंड अनुबंध पारा मेडिकल संघ ने आज से हड़ताल पर जाने की घोषणा की है वहीं अनुबंध पर कार्यरत एएनएम तथा जीएनएम ने सरकार को दो दिनों का अल्टीमेटम दिया है उनका कहना है कि दो दिनों में अगर मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मंत्री या स्वास्थ्य सचिव के साथ सकारात्मक वार्ता नहीं है तो वे भी हड़ताल पर चली जाएगी

गोड्डा जिले में प्रवासी श्रमिकों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत रोजगार उपलब्ध कराने के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है

रांची और खूंटी में कल रात से ही लगातार बारिश हो रही है मौसम विभाग ने आज राज्य के कई जिलों में तेज बारिश के साथ वज्रपात की आशंका जतायी है इसे लेकर ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है विभाग के अनुसार उत्तरी बंगाल की खाड़ी और बांग्लादेश की सीमा के पास चक्रवातीय निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है इसका असर रांची सहित पूरे राज्य में देखने को मिल रहा है राजधानी रांची के कांके और पिस्कानगड़ी में कल हुई दो सड़क दुर्घटनाओं में तीन लोगों की मौत हो गई पहली घटना कांके थाना क्षेत्र की है जिसमें सुकुरहुटु रिंग रोड आइटीबीपी कैंप के पास मोटरसाइकिल और ट्रक की टक्कर में दो लोगों की मौत हो गई

वहीं दूसरी घटना नगड़ी थाना क्षेत्र के टिकरा टोली की है जहां दो मोटरसाइकिलों की टक्कर में एक महिला की मौत हो गई

अधिवक्ताओं ने सिविल कोर्ट परिसर में लगे ड्रॉप बॉक्स में आवेदन डाला

कोरोना संक्रमण को देखते हुए मई के प्रथम सप्ताह से कोर्ट का कामकाज ऑनलाइन हो रहा है अग्रिम जमानत जमानत सहित अन्य अदालती कार्य वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से संपन्न हो रहे हैं आम लोगों को कोर्ट कैंपस में प्रवेश की अनुमति नहीं है खेलमंत्री किरेन रिजिजू ने कल खेलो इंडिया योजना की महापरिषद की पहली बैठक की अध्यक्षता की इस दौरान श्री रिजिजू ने राज्यों से आग्रह किया कि वे हर साल राज्यस्तरीय खेलो इंडिया खेल कूद प्रतियोगिताओं का आयोजन करें ताकि सबसे निचले स्तर पर खेल प्रतिभाओं की पहचान की जा सके उन्होंने कहा कि खेलो इंडिया योजना के तहत राष्ट्रीय स्तर खेलो इंडिया युवा खेल और विश्वविद्यालय खेल की जो वार्षिक प्रतियोगताएं आयोजित की जाती हैं उनसे सभी राज्यों की खेल प्रतिभाओं को सामने लाने में मदद मिली है साथ ही कहा कि जो राज्य वार्षिक खेल कूल प्रतियोगिताओं का आयोजन करते हैं अगर वे खेलो इंडिया के साथ तालमेल कायम करें तो केन्द्र उन्हें इनके आयोजन के लिए मदद देगा

झारखंड लोक सेवा आयोग में चिकित्सा पदाधिकारियों की नियुक्ति के लिए प्रमाण पत्रों का सत्यापन कल से शुरू हो गया

आदिवासी मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के आप्त सचिव संजय बसु ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए खूंटी का दौरा किया इस दौरान श्री बसु ने सिविल सर्जन डॉ प्रभात कुमार से कोरोना से निपटने की तैयारियों की जानकारी ली

लगभग सभी अखबारों ने अयोध्या में राम मंदिर के आज होनेवाले शिलान्यास की खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से जगह दी है सजा राम का धाम शीर्षक से प्रभात खबर ने राम मंदिर की खबर को प्रकाशित किया है वहीं अयोध्या में नये यूग के सूत्रपात की तैयारी शीर्षक की खबर को दैनिक जागरण ने पहले पत्रे पर प्रमुखता से जगह दी है वहीं दैनिक भास्कर ने विराजो रघुनंदन शीर्षक से राम मंदिर की खबर को प्रकाशित किया है जबकि रांची एक्सप्रेस ने इंतजार खत्म भूमि पूजन आज शीर्षक से खबर को प्रकाशित किया है अयोध्या को इस बड़े दिन का था इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर की रखेंगे आधारशिला शीर्षक से अंग्रेजी दैनिक द टाइम्स ऑफ इंडिया ने अयोध्या की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है वहीं हिन्दुस्तान टाइम्स ने अयोध्या भूमि पूजन के लिए तैयार की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है